एक लाख और कर्मचारियों को होगा फायदा

सीबीआई की टीम ने केन्द्र सरकार के विभागों केन्द्र शासित प्रदेशों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरणों के सतर्कता दलों के साथ मिलकर देशभर के एक सौ पचास स्थानों पर औचक छापे मारे बिहार में ये छापेमारी पटना दानापुर समस्तीपुर और मोकामा में हुयी रेलवे केंद्रीय जीएसटी एफसीआई कोयला खनन सीपीडब्ल्यूडी कस्टम एनएचएआई और पब्लिक सेक्टर के बैंक समेत कई विभागों में ये कार्रवाई की गयी है आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि ये छापे विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिये मारे गये बिहार विधानसभा में अवैध नियुक्ति के मामले में निगरानी की पटना स्थित विशेष अदालत ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह समेत इकतालीस आरोपितों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है

राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कहा है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिये हरेक विश्वविद्यालय की अलग अलग समीक्षा होगी कुलाधिपति के निर्देश पर उनके प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने इस संबंध में सभी कुलपतियों को आदेश निर्गत किया है चार सितम्बर को पटना विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की कार्य प्रगति की समीक्षा होगी छह सितम्बर को छपरा के जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय आरा स्थित वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय बोधगया की समीक्षा होगी इसी तरह सात सितम्बर को मुंगेर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय की कार्य प्रगति की समीक्षा की जायेगी राज्य सरकार ने अनुकंपा पर नौकरी के लिये आवेदन की अवधि में बदलाव किया है अब बालिग होने के एक साल के भीतर ही नौकरी के लिये आवेदन देना होगा पहले यह अवधि पांच साल निर्धारित थी पटना हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने नियुक्ति के प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दे दी है भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिव्रत अधिकारी और औरंगाबाद जिले के मूल निवासी प्रदीप कुमार सिन्हा प्रधानमंत्री कार्यालय में ओएसडी होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी वे नुपेन्द्र मिश्र का स्थान लेंगे जो सितंबर महीने में पदमुक्त हो रहे हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि फिट इंडिया अभियान को लेकर रेलवे परिसरों में व्यायाम कोन्द्र और फिटनेस केन्द्र खोले जाएंगे श्री गोयल ने कहा कि इन केंद्रों से कर्मचारियों के अलावा उनके बच्चों और आम लोगों को लाभ मिल सकेगा पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी ने कहा है कि अगले साल मॉनसून से पहले कोसी रेल महासेतु से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा पटना में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात समिति की बैठक को संबोधित करते हुये श्री त्रिवेदी ने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम जारी है रेलखंड पर परिचालन शुरू हो जाने से मिथिलांचल के दो अलग अलग भाग आपस में जूड़ जायेंगे भाजपा के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली की याद में एनडीए की तरफ से आज विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित श्रद्वांजलि सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और नित्यानंद राय समेत एनडीए के घटक दलों के नेता शामिल होंगे दहेज नहीं मिलने पर अपनी पत्नी को तीन तलाक देने वाले पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद अली ईमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोप है कि वह अपनी पत्नी निशात ईमाम को अपने मायके से दस लाख रूपये दहेज लाने के लिये प्रताड़ित करता था दहेज नहीं मिलने पर एक साल पहले उसे आरोपित ने घर से निकाल दिया और कल उसे तीन तलाक दे दिया इस मामले में नौ लोगों पर मामला दर्ज किया गया है इधर पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में पत्र के माध्यम से तीन तलाक देने का एक मामला सामने आया है पुलिस ने बताया कि अलीनगर की रहने वाली शगुफ्ता नैयर को फुलवारी शरीफ में रहने वाले उसके पति ने रजिस्ट्री डाक के माध्यम से तीन तलाक दे दिया पुलिस मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच कर रही है कुख्यात विवेका पहलवान के मोकामा के नदवां स्थित घर में दो एके सेंतालीस राइफल लहराने वाले वायरल हुये वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिये भेजा गया है पटना के ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्र ने बताया कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि यह वीडियो किसने बनाया और किसने वायरल किया इधर इस मामले में विवेका पहलवान और भोला सिंह के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है गंडक परियोजना के चीफ इंजीनियर मुरलीधर सिंह के आवास पर एक ठेकेदार को जिंदा जला देने के मामले की जांच एसआईटी करेगी पुलिस अधीक्षक राशीद जमा ने बताया कि मृतक के पुत्र के आवेदन पर इस मामले में चीफ इंजीनियर और उनकी पत्नी समेत सात पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है इधर मुजफ्फरपुर से पहुंची फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच की और नमूने एकत्रित किये बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष एके जैन ने पदभार संभाल लिया है पत्रकारों से बातचीत में श्री जैन ने कहा कि उनका प्रयास मंदिर मठ और धर्मशाला की स्थिति में सुधार लाना होगा उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को भी समझौते के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जायेगा

रिश्वतखोरी के एक मामले में पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक के मुरारपुर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक बीएम सहाय को एक वर्ष कारावास और छह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है कैमूर जिले के कूदरा थाने में पदस्थापित दारोगा ओमप्रकाश सिंह को चार बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाने की हाजत में हत्या और लूट के मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों की कथित रूप से पुलिस पिटाई से हुयी मौत के मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष चंद्र भूषण कुमार सिंह ने स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर विभिन्न प्रकाशकों की लगभग एक करोड़ रूपये मूल्य की नकली किताबें बरामद की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने आर्थिक विकास दर में गिरावट दस सरकारी बैंकों के विलय और प्रदेश में पान मसाले की बिक्री पर रोक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है आर्थिक विकास दर पांच फीसदी पर टिकी छह साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंची विकास दर विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में बड़ी गिरावट दैनिक जागरण की सुर्खी है केंद्र का बड़ा फैसला दस सरकारी बैंकों का विलय कर बनेंगे चार बैंक प्रभात खबर ने लिखा है बारह तरह के पान मसालों की बिक्री पर लगी रोक दैनिक भास्कर लिखता है रांची के कांके अस्पताल में इलाज कराने गये बिहार के मरीजों का खर्च नहीं उठायेगी नीतीश सरकार आज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है नये भारत में सरनेम मायने नहीं रखता राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है चिदंबरम की सीबीआई हिरासत दो तक बढ़ी

एक लाख और कर्मचारियों को होगा फायदा